सबसे अधिक चार नामांकन औरंगाबाद में

कल दो सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम की होगी औपचारिक घोषणा

निर्वाचन आयोग ने राज्य में दूसरे चरण के चुनाव के तहत पांच लोकसभा सीटों किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका के लिए आज अधिसूचना जारी की है इसके साथ ही इन संसदीय क्षेत्रों में नामांकन का कार्य शुरू हो गया है पहले और दूसरे चरण के लिए आज कुल सात नामांकन पर्चे दायर किये गये सबसे अधिक चार नामांकन औरंगाबाद दो नामांकन पूर्णियां और एक नामांकन नवादा में हुआ पूर्णियां से जदयू के निवर्तमान सांसद संतोष कुमार ने पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा कल से अब तक कुल आठ नामांकन पहले और दूसरे चरण के लिए दाखिल किये जा चुके हैं पहले चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को और दूसरे चरण का अठारह अप्रैल को होगा इक्कीस से चौबीस मार्च तक होली और साप्ताहिक अवकाश होने के कारण नामांकन का कार्य स्थगित रहेगा पहले चरण के लिए नामांकन कार्य पच्चीस मार्च को और दूसरे चरण के लिए छब्बीस मार्च को समाप्त हो रहा है अभी तक एनडीए और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है पहले चरण के लिए चार लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है लोजपा संसदीय बोर्ड के प्रमुख और जमुई से निवर्तमान सांसद चिराग पासवान पच्चीस मार्च को जमुई संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस दौरान पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान और एनडीए के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा कल अपने लोकसभा के दो प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगा पार्टी नेता संतोष कुमार ने बताया कि गया संसदीय क्षेत्र से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि औरंगाबाद सीट से भी प्रत्याशी के नाम पर मुहर लग गयी है कल इसकी घोषणा की जायेगी इससे पहले कल ही पार्टी की संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी जिसमें महागठबंधन में पार्टी की रणनीति को लेकर फैसला किया जायेगा इस बीच खबर है कि जदयू नेता उपेन्द्र प्रसाद ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है पार्टी उन्हें औरंगाबाद से प्रत्याशी घोषित कर सकती है इधर राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार नारा एक जन आंदोलन बन गया है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि यह नारा दुनिया भर में ट्वीटर पर काफी आगे चल रहा है उन्होंने बताया कि अब तक बीस लाख लोग इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं और नमो एप पर एक करोड़ लोगों ने मैं भी चौकीदार शपथ ली है इस नारे की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना पर टिप्पणी करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि जो लोग जमानत पर हैं उन्हें ही इस नारे से तकलीफ हो रही है निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों से होली मिलन समारोहों के दौरान राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है चुनाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं प्रदेश में पहले चरण में नक्सल प्रभावित जिलों औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल की चार कम्पनियां इन क्षेत्रों में पहुंच गई हैं इन जिलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान जारी है पटना और गया हवाई अड्डों पर खुफिया टीमें तैनात की गई हैं चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में वाहनों की सघन तलाशी का अभियान जारी है पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राजघाट के पास चेकिंग के दौरान एक वाहन से पुलिस ने दस लाख रूपये नकद बरामद किया है इस संबंध में एक युवक को हिरासत में लिया गया आयकर अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं सारण जिला मुख्यालय छपरा में जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया चुनाव आयोग के उपायुक्त चन्द्रभूषण कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास चुनाव तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भागलपुर में तेईस मार्च को समीक्षा बैठक करेंगे मतदान प्रक्रिया में दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कटिहार जिला प्रशासन ने उन्हें पत्र लिखकर प्रोत्साहित किया है जिलाधिकारी पूनम ने बताया है कि दस हजार सात सौ सैंतालीस दिव्यांग मतदाता कटिहार में चिहिन्त हैं उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों के लिए हर प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी मतदान केन्द्रों पर ले जाने के लिए विकास मित्रों की सहायता ली जायेगी इधर अररिया में अस्सी प्रतिशत मतदान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले में भयमुक्त और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में लगभग पन्द्रह हजार लीटर शराब जब्त की गयी है वहीं पुलिस और परिवहन विभाग ने नियम कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों से लगभग पांच लाख रूपये जुर्माना वसूल किया है इधर दरभंगा जिला प्रशासन ने मधुबनी दरभंगा और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्सों में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार रैली आम सभा लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरूआत की है वहीं भोजपुर में पदाधिकारियों को सी विजि एप के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा गुरुग्राम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अस्सीवीं वार्षिक परेड को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि देश पुलवामा आतंकी हमले को भुला नहीं और न ही कभी भूलेगा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

औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ स्थित एक होटल से पुलिस ने आज मुंबई से चोरी पौने दो करोड़ रुपये का सोना बरामद कर लिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि जनवरी दो हजार उन्नीस में ही चारकोप थाना में इस चोरी की घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी इस मामले में दो युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चीनी मिल के पास बीस फुट्टा मोहल्ले में आग लगने की घटना में पचास घर जलकर नष्ट हो गये पुलिस ने बताया कि एक घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट से आग लगी जो देखते देखते अन्य घरों में फैल गयी इस घटना में लगभग दस लाख रूपये मूल्य की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है हालांकि किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र में चंदन महतो नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में राजद के विधान पार्षद् संजय प्रसाद समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है अरवल जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुवन गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनतालीस पर एक कंटेनर की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों की मौत हो गयी शेखपुरा जिले के बड़बीघा प्रखंड के रजौरा गांव में वाहन चेकिंग के दौरान ड्यिटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान की ट्रक से कुचले जाने से मौत हो गयी बड़बीघा थाने में आज मृतक जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के बेलही गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने दो हजार दो सौ छप्पन बोतल विदेशी शराब बरामद की है

सबसे अधिक चार नामांकन औरंगाबाद में

कल दो सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम की होगी औपचारिक घोषणा